दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले में चारों दोषियों को कल दी जाने वाली फांसी अगले आदेशों तक रोक दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से रबी फसलों को न्कसान हआ है वहां पर विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी ताकि फसलों के न्कसान का आंकलन किया जा सके और किसानों को उनके न्कसान की भरपाई के लिए शीघ्र मुआवजा दिया जा सके यह घोषणा मुख्यमंत्री जो सदन के नेता भी हैं ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद की सदन में जब कुछ सदस्यों द्वारा गत दिनों हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को ह्ए नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई तो मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि सरकार इस विषय में पहले से ही चिंतित है और इसके लिए विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है

उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सेवाएं मुंहैया करवाने के के लिए पुरानी बसों को बदलने के साथ साथ नई बसें भी खरीदी जा रही हैं साथ ही किलोमीटर स्कीम के तहत भी बसें ली जा रही हैं एक अन्य विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री मूलचंद शर्मा जिनके पास खान एवं भू विज्ञान विभाग भी है ने सदन को बताया कि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है और खनन सामग्री की द्वलाई के लिए यह वैध नहीं है विभाग द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों की जांच की जाती है कृषि के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है

उन्होंने बताया कि हरियाणा मोटर वाहन नियम के अनुसार राज्य में किसानों को ट्रैक्टर कम्बाइन हारवेस्टर के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है इसके अलावाहरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अनुसार कृषि ट्रैरक्टर कृषि ट्रेलर तथा अन्य कृषि मशीनरी को मोटर वाहन कर के भुगतान से छूट दी गई है

वे आज यहां विधानसभा में बजट सत्र में इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अभय चौटाला के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे

पलवल में बारिश से गेहूं की फसल में हये न्कसान की भरपाई के लिए किसान पलवल के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यालय में मंगलवार तक बीमा क्लेम के लिए आवदेन कर सकते है विभाग के उपनिदेशक डॉ महावीर सिंह ने बताया कि बीमा क्लेम के लिए बीमा की पोलिसी मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कापी की प्रति लानी आवश्यक है अड़सठवी अखिल भारतीय प्लिस खेलें तीन से सात मार्च तक पंचकूला में होगी केन्द्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे

इन खेलों में सेट्रल आर्मड फोर्स तथा विभिन्न स्टेट पुलिस के खिलाडियों के अलावा अर्जुन अवार्डी और ओलपियन परमजीत सिंह शामिल होंगे

इन खेलों में थ्रे इवेंटंस एंड फील्ड एवेंट होंगे

यह जानकारी गृह मंत्री अनिल विज ने कई विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में दी

उन्होंने कहा कि महिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक महिला प्रलिस थाने के लिए एक महिला वकील की निय्क्ति की गई है राज्य के सभी जिलों के उपमंडल स्तर पर महिला हैल्प डेसक भी स्थापित किये गये है आप्रेशन द्रर्गा व द्रर्गा शक्ति एप्प बारे जानकारी देते हये उन्होंने बताया कि कन्याय छात्राओं के लिए विशेष बसों में सुरक्षित यात्रा प्रदान करने हेतु महिला पुलिस सिपाहियों को तैनता किया जा रहा है और महिला विरूद्व अपराध की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और उनका पता लगाने के लिए विभिन्न नगर निगमों व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पूरे प्रदेश में दो लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लागये गये है

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भयल सामूहिक दुष्कर्म हत्या मामले में चारों दोषियों को कल होने वाली फांसी का अपना फैसला अगले आदेंशों तक रोक दिया है

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और अपूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा है कि वे तीन मार्च को सुबह सरकार के खिलाफ विधायकों के रोष मार्च की अग्रवाई करेंगे उन्होंने कहा कि ये रोष मार्च पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से जाने वाले चौराहे की दाई तरफ और हरियाणा सिविल सचिवालय की बाई तरफ निकाला जायेगा उन्होंने बताया कि रोष मार्च हरियाणा सरकार द्वारा किये गये वादे पूरा न करने के खिलाफ निकाला जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल प्रदेश के किसानों के हित में है हर छः महीने बाद किसान अपने बोए हूए रकबे के जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करता है ताकि सरकार के पास जितनी जानकारी रहेगी उतना ही किसानों के हित में रहेगा मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर सदन को अवगत करवा रहे थे